मौसम विमाग की चेतावनी के बाद राज्य के ऑपदा प्रबंधन विमाग ने एलर्ट जारी किया है और सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है कोटा झालावाड़ बारां राजसमंद और पाली में प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिये व्यापक इंतजाम किये है

बारा जिले के शाहबाद उपखण्ड में साढै पांच इंच वर्षा हुई

मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना जताई है उदयपुर जिले के पहाडी इलाकों में लगातार हो रही वर्षा से नदी नाले उफान पर है

पानी की लगातार आवक को देखते हुए बांध पर चादर चलने की संभावना है राजसमंद के खमनोर स्थित बाघेरीनाका बांध में लगातार बारिश की आवक से चादर चल रही है

संगठनों के नेताओं ने बताया कि उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती हैं रोडवेज के चक्का जाम होने से चार हजार सात सौ से अधिक बसे प्रभावित हो रही है राज्यभर के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि रोडवेज के चक्काजाम से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा हैं

डिजीफेस्ट के पहले दिन आज किकेटर गौतम गंभीर और आर पी सिंह टेक रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे दो किलोमीटर लम्बी इस रेस में आमजन भी भाग ले सकेंगे राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आयोजित डिजीफेस्ट में प्रदेश के साथ देशभर से आई टी प्रतिभाए जैसे कोडर्स स्टार्टअप विद्यार्थी और उद्यमी भाग लेंगे बीकानेर के पोलिटेक्निक कॉलेज में आज पहले दिन जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है दूसरे दिन स्टार्ट अप के लिए बूट प्रोग्राम और इंवेस्टर्स मीट होगी तीसरे दिन आईटी एक्सपो के तहत स्टार्ट अप्स के प्रोजेक्ट्स के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी में सरकारी क्षेत्र में हुए कामों को भी प्रदर्शित किया जाएगा

हादसे में घायल हये लोगों को बयाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां चिकित्सकों के अनुसार इनमें से तीन लोगों की हालत गंभीर बनी हयी है हिण्डौन मार्ग के रीसेरी गांव में ग्रामीणों को भरकर शहर की ओर आ रही ट्रेक्टर ट्राली मोड़ पर असंतूलित होकर पलट गयी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कल इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की कमेटी में पंजाब राजस्थान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक एक सदस्य और एक तकनीकी जानकारी वाले अधिकारी को शामिल किया जाएगा

राजस्व मण्डल ने बांसवाडा भरतपुर चित्तौडगढ जयपुर जैसलमेर झालावाड जोधपुर राजसमंद और उदयपुर में नई तहसीलें और उप तहसीलें बनाई है

पिलानियां को राज्य में आगामी विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया हैं

कोटा के जाकिर हुसैन का पहले पुरस्कार के लिए चयन किया गया हैं कोटा डोरिया पर तैयार साड़ी के नए डिजाइन के लिए कोटा के बुनकर हुसैन को पहला तथा बारां की नूर बानो को कोटा डोरिया साड़ी पर काम के लिए दूसरा जबकि जैसलमेर के तुलसा राम को ताजमहल पड्डू के लिए तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा